हरियाणा के पंचकूला अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के चुनाव के लिए कल मतदान होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार सांझेकरेंगे

बार बार हाथ धोना मास्कद और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यावहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेयदारी भी है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ प्रदेश में शिक्षा खासकर बेटियों की शिक्षा के लिए काफी काम किया है

मुख्यमंत्री ने यह बात आज चण्डीगढ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय भिवानी में नवनिर्मित शैक्षणिक ब्लॉक का उदघाटन करने उपरान्त कही उन्होंने कहा कि भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बने इस ब्लॉक के शुरू होने से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी आएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंग्रेजों के समय से चली आ रही क्लर्क पैदा करने की शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करके कौशल विकास और आईटी जैसे आज की जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है साथ ही इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य और संस्कार विकसित करने पर भी विशेष बल दिया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का बेहतरीन बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है

हरियाणा के पंचकूला अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान कल कल होगा

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं मतदान के लिए चुनाव कर्मी संबंधित मतदान केन्द्रों पर पहंच गए हैं

कल ही रेवाड़ी डकलाना धारूहेड़ा सांपला नगर परिषद के चुनाव होंगे अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां पोलिंग पार्टी को ओपीएस विद्या मंदिर में चनाव संबंधी सामग्री पीपीई किटस मास्क सैनेटाईजर आदि दे कर रवाना किया है रिटर्निंग अधिकारी सचिन ग्रप्ता व अन्य अधिकारी ने पोलिंग पार्टी को प्रकिया समझाई है तथा मतदान शांतिप्रर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के निर्देश दिये हैं

देश्ज में इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेत्रत्व में सडकों को बडे पैमाने पर विस्तार किया किया गया जो अभूतपूर्व है

इस वर्ष कैलाश मानसरोवर रूट जो जिला टनल से लिपूलेख पास जैसे दूर्गम इलाकों में भी काफी पैमाने पर सड़क निर्माण या तो पूरा हो गया है या चल रहा है

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा

क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे दोबारा प्रसारित किया जायेगा

इन गांवों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी की जयंती यानि सुशासन दिवस के मौके पर इस योजना से जोडा गया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्री महासचिव दृष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि किसान संगठनों के प्रदर्शन को कांग्रेस हिंसक आंदोलन में तब्दील करना चाहती है नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत करते हए श्री गौतम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता और किसान कल जब पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई का जन्मदिवस समारोह मना रहे थे तब उन पर पंजाब पुलिस कर्मियों ने हमला किया

आज हरियाणा में विभिन्न शहरों व कस्बों में शहीद उधम सिंह की जयंती मनाये जाने के समाचार हैं लोगों ने उनके चित्र व प्रतिमा पर पृष्पांजलि अर्पित की ओर देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया यमुनानगर में शहीद उधम सिंह पार्क मे कांबोज सभा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व सामाजिक संगठनों ने उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया रादौर में इस अवसर पर रक्तदान शिवर लगाया गया भिवानी में विभिन्न संगठनों ने शहीद उधम सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर फूल चढाए